पार्टी ने रायशुमारी के तहत सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं से टिकट प्रत्याशी के तौर पर तीन तीन नाम प्राथमिकता पर मांगे थे इसके तहत आज भोपाल शहर की छह सीटों हुजूर नरेला उत्तर दक्षिण पश्चिम गोविंदपुरा और मध्य सीट पर रायशुमारी की गई भाजपा ने प्रत्याशी चयन की रायशुमारी के लिए मंत्री विधायक सांसद और संगठन के पदाधिकारियों की दो दो लोगों की टीम तैयार की है जिसके तहत सांसद नंदकुमार सिंह चौहान और प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने स्थानीय मानस भवन में भोपाल जिले की विधानसभा सीटों के लिए रायशुमारी की अब ये टीमें प्रदेश संगठन को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी

निर्वाचन आयोग प्रदेश में महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पिंक बूथ बना रहा है लेकिन भिंड जिला संवेदनशील श्रेणी में होने की वजह से यहां ऐसे बूथ नहीं बनाए जा रहे हैं

हादसा सतना जिले में आज तड़के एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल मंदिर जा रहे छह लोगों को कुचल दिया हादसे में एक ही परिवार के चार की मौत हो गई कोलगवां पुलिस सूत्रों के अनुसार जिला मुख्यालय से पांच किलोमीटर दूर सतना सेमरिया मार्ग पर कुछ लोग तड़के करीब चार बजे देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे तभी बदखर गांव के पास एक ही परिवार के छह सदस्यों को अज्ञात ट्रक ने रौंद दिया इनमें से चार की मौत हो गई वहीं गंभीर हालत में दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया जा रहा है कि हादसे के करीब एक घंटे बाद जब राहगीर वहां से निकले तो लोगों को हादसे के बारे में जानकारी हुई आनन फानन में पुलिस की मदद से समी को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया छग चुनाव छत्तीसगढ़ में विघानसभा चुनाव के लिये नामांकन भरने का काम शुरू हो गया है

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ अपने पिछले आपराधिक रिकार्ड के बारे में हलफनामा भी जमा करना होगा डीजीपी प्रमार वरिष्ठ आईपीएस बीके सिंह ने आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक पद का प्रभार संभाल लिया वर्तमान डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला के अस्वस्थ होने पर श्री सिंह को प्रभार दिया गया है कार्यवाहक डीजीपी के लिये भारत निर्वाचन आयोग को तीन नामों का पैनल भेजा गया है

यह दिन मॉ दुर्गा के आठवें अवतार महागौरी को समर्पित है आज बड़ी संख्या में श्रद्वालू मन्दिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं वहीं मोपाल में भी इस अवसर पर मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया कि नलखेडा स्थित मां बगलामुखी के मंदिर में श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है वहीं जिले में अनेक स्थानों पर चुनरी यात्राओं के कार्यकम हो रहे हैं इघर शहडोल में भटिया देवी कंकाली देवी और विराटेश्वरी धाम में माता के दर्शन के लिये भक्त दूर दूर से पहुंचे हैं जिले के एतिहासिक सिंगपुर मंदिर में माता काली की पूजा उपासना का दौर जारी है